करतार पूर साहिब गलियारे से रोज़ाना पांच हजार श्रद्वालु गुरूद्वारा साहिब के दर्शनों के लिए जायेंगे केन्द्रीय खेल मंत्री किरण रिजिज् ने कहा है कि केन्द्र सरकार खिलाडियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अंतर राष्ट्रीय स्पर्धा में जीतने वाले खिलाडियों को तुरंत नकद राशि भेंट करेगी पूर्व केन्द्रीय मंत्री कुमारी शैलजा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष होगी

मंत्री ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो गए है

श्री जावड़ेकर ने आज चंडीगढ़ के जाने माने उद्योगपति आर के साबू और पंचकूला में सेवानिवृत जनरल बी पी मलिक के साथ मुलाकता की

श्री करतार पुर गलियारे को लेकर समझौते के मसौदे और कोरिडोर को शुरू करने के मामले पर भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरे चरण की बातचीत आज अटारी में हई जिसमें दोनों देशों के उच्च अधिकारी शामिल हये और कोरिडोर को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई इस बैठक में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दक्षिणी एशिया और सार्क के महानिदेशक एवं विदेशी कार्यालय के प्रवक्ता डा मुहम्मद फैज़ल ने की जबकि भारत प्रतिनिधिमंडल के अगुवाई केन्द्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एस सी एल दास ने की भारतीय अधिकारियों ने आगे बतायाकि पाकिस्तान द्वारापरमिट के लिए जाम की जाने फीस पर कोई फैसला नहीं हो पाया

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से प्रकाश पूर्व व अन्य पवित्र दिवसों पर श्रद्वालुओं की संख्या बढ़ाने सम्बधी कोई सहमति नहीं जताई भारतीय अधिकारियों का कहना है कि संगत की भावनाओं के मद्देनज़र पाकिस्तान श्रद्वालुओं से फीस न ले व श्रद्वाल्रओं के साथ प्रोटोकोल अधिकारी भेजने की अन्मति दे भारतीय अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा का मुद्दा आज की बैठक में प्रम्खता से उठाया गया है भारतीय अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उममीद थी कि आज की बैठक मे गलियारे सम्बधी मसौदे को अंतिम रूप दिया जायेगा लेकिन लगता है कि जरूरत पड़ने पर और बैठक करनी पड़ेगी सुरक्षा के मद्देनज़र मीडिया को इस बैठक से दूर रखा गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को हार्दिक बधाई दी है उन्होंने कहा कि शिक्षक छात्रों के व्यक्तितव को आकार देने और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है एवं उन्हें देश का एक आदर्श नागरिक बनाते है चंडीगढ़ से जारी एक संदेश में म्ख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक दिवस भारत के पूर्वएवं महान दार्शनिक डा सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया

इससे खिलाडिय़ों का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें आगे बढऩे की प्रेरणा मिलेगी श्री रिजिज् आज उतरी क्षेत्रिय खेल प्राधिकरण के बहालगढ़ केंद्र का दौरा करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार खेल व खिलाडियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है हमारा उद्देश्य है कि देश में एक नया खेल कल्चर विकसित हो

उधर यमुनानगर के गांव टोपरा कलां में खेल मंत्री किरिण रिजिजू ने चहंमुखी अशोक स्तंभ का शिलान्यास किया इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हये श्री रिजिजू ने कहा कि जिले के प्राचीन बौद्व स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जायेगा

इस समबध में घोषणा नई दिल्ली में पार्टी के हरियाण प्रभारी गुलाम नबी आज़ाद ने की